बूढ़ी गंडक और बागमती नदी को छोड़कर प्रदेश की लगभग सभी नदियों के जलस्तर में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में पिछले चौबीस घंटों के दौरान समस्तीपुर के रोसड़ा में अड़तालीस खगड़िया में उनतालीस और सिकंदरपुर में उन्नीस सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है वहीं बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर में खतरे के निशान से लगभग दो सेंटीमीटर ऊपर है बेनीबाद हायाघाट और सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज के पास नदी का जलस्तर लाल निशान के आसपास बना हुआ है अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है वहीं कोसी नदी सुपौल के बसुआ और कटिहार के कुर्सेला में खतरे के निशान के नीचे आ गयी है जबकि खगड़िया के बलतारा में अभी भी नदी का जलस्तर लाल निशान से डेढ़ सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है महानंदा नदी किशनगंज और कटिहार में लाल निशान से नीचे आ गयी है प्रदेश में इस बार आई बाढ़ के कारण लगभग एक हजार ग्रामीण सड़कें और पंद्रह पुल क्षतिग्रस्त हुये हैं सबसे अधिक नुकसान उत्तर बिहार में हुआ है इसके अलावा सीमांचल के इलाकों में भी काफी क्षति हुयी है ग्रामीण कार्य विभाग ने सभी जिलों से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुल पुलियों का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है प्रदेश के तीन लाख से अधिक बाढ़ पीड़ित परिवारों के बैंक खातों में छह छह हजार रूपये की सहायता राशि भेज दी गयी है यह राशि कल तक पीड़ित परिवारों के बैंक खाते पहुंच जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पटना में डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि भेजने की योजना की शुरूआत की सबसे अधिक सीतामढ़ी जिले के सतहत्तर हजार चार सौ सतावन परिवारों के बैंक खाते में राशि भेजी गयी है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में जो परिवार छूट जायेंगे उन्हें दूसरे चरण के तहत सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ पीड़ित परिवारों का बैंक खाता खुलवाने का निर्देश दिया प्रदेश में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर बानवे हो गयी है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार सीतामढ़ी में सबसे अधिक सत्ताईस लोगों की मौत हुयी है मध्रबनी में चौदह अररिया में बारह शिवहर में दस दरभंगा और पूर्णिया में नौ नौ किशनगंज में पांच सुपौल में तीन पूर्वी चंपारण में दो और सहरसा में एक व्यक्ति की मौत की खबर है समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत विशनपुर गांव में पानी भरे गड़ढे में ड्बने से पांच बच्चों की मौत हो गयी अंचलाधिकारी धर्मेद्र पंडित ने बताया कि सात बच्चे पानी भरे गड्डे में खेल रहे थे तभी गहरे पानी में चले जाने के कारण यह हादसा हुआ इधर सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दतरंगी बहियार में पानी भरे गड्ढे में डूबने से दो बच्चियों की मौत हो गयी प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान वजपात की अलग अलग घटनाओं में चौदह लोगों की मौत हो गयी सबसे अधिक नवादा में आठ बच्चों समेत नौ लोगों की मौत हयी है इस घटना में आठ बच्चे झुलस गये जिसमें एक की स्थिति गंभीर बनी हुयी है वहीं अरवल में तीन और औरंगाबाद में दो लोगों की मौत की खबर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुये स्थानीय प्रशासन से तत्काल चार चार लाख रूपये सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है पटना स्थित एक अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव वित्त विभाग लघ्र सिंचाई विभाग और सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव तथा निबंधन रजिस्ट्रार के कार्यालय की कुर्की जब्ती का आदेश दिया है इस संबंध में सभी अधिकारियों के कार्यालय पर नोटिस चिपका दिया गया है यह मामला बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के छह सौ पैंसठ करोड़ रूपये बकाये की वसूली का है पटना जिला अदालत की मुंसिफ सारिका वहालिया की अदालत ने यह आदेश दिया है इधर सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के मामले में एक सप्ताह का समय मांगा गया है

प्रदेश में अब चिकित्सकों की नियुक्ति मेडिकल की पढ़ाई के दौरान प्राप्त अंकों के आधार पर होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुयी बैठक में इस आशय का फैसला किया गया सरकार के इस फैसले के बाद चिकित्सकों की नियुक्ति के लिये साक्षात्कार नहीं होगा डॉक्टरों की नियुक्ति तकनीकी चयन आयोग के माध्यम से होगी बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ और आईएमए की बिहार शाखा ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मुक्तापुर किशनपुर के बीच नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर इस रेलखंड से गुजरने वाली दो दर्जन ट्रेनों को आज से चौबीस जुलाई तक के लिये रद्द कर दिया गया है वहीं कई ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया जायेगा जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उसमें शहीद एक्सप्रेस सरयू एक्सप्रेस जीवछ एक्सप्रेस और पटना जयनगर एक्सप्रेस शामिल हैं वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत सुंदरनगर पताढ़ चौक के पास एक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र को लूटने आये तीन अपराधियों में से लोगों ने एक की पीट पीट कर हत्या कर दी जबकि एक का गंभीर हालत में स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है वहीं एक अन्य अपराधी भागने में सफल रहा इधर सारण जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पिठौरी नंदलाल टोला में भीड़ द्वारा तीन लोगों की पीट पीट कर हुयी हत्या के मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्वी चंपारण के सांसद राधामोहन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है श्री सिंह पार्टी के नये राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की देखरेख करेंगे औरंगाबाद जिले के अंबा थाना क्षेत्र अंतर्गत संडा स्थित बटाने नदी पर निर्माणाधीन पुल के पास पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में सैंकड़ों चक्र गोलियां चली है पुलिस अधीक्षक दीपक वर्णवाल ने बताया कि नक्सली पुल को उड़ाने की साजिश कर रहे थे उन्होंने बताया कि अंधेरे का लाभ उठाकर नक्सली भागने में सफल रहे इधर मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के नरमा गांव से पुलिस ने कुख्यात नक्सली गोनौर महतो को गिरफ्तार कर लिया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ओएफएस के माध्यम से इंटरमीडिएट में नामांकन की तिथि पच्चीस जुलाई तक बढ़ा दी है

मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच में संदिग्ध दिमागी बुखार से एक और बच्चे की मौत हो गयी है पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत छवघड़िया गांव के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी मृतक कांग्रेस के स्थानीय नेता बताये जाते हैं दरभंगा जिले की एक अदालत ने चर्चित हीरा हत्याकांड मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है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 हिन्दुस्तान लिखता है बिहार में क्रोध व कुदरत का कहर बासठ मरे दैनिक भास्कर ने लिखा है मॉब लिंचिंग में चार हत्याएं दैनिक जागरण की सुर्खी है तीन लाख से अधिक बाढ़ पीड़ितों के खाते में पहुंचे छह छह हजार प्रभात खबर लिखता है कैबिनेट का फैसला अब बिना इंटरव्यू के होगी डॉक्टरों की नियुक्ति आज की सुर्खी है मुख्य सचिव के ऑफिस की कुर्की करने पहुंचे कोर्ट के अधिकारी राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है कर्नाटक में संवैधानकि संकट वोटिंग फिर टली विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिये स्थगित